न्यायालय ने राज्य से यह बताने को कहा है कि अवैध निर्माण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यमर में कोई अनाधिकृत निर्माण न हो न्यायालय ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि वह अनाधिकृत निर्माण के मुद्दे से निपटने के लिए क्या कर रही है न्यायमूर्ति एम ंबी लाकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने पूछा है कि कसौली में कई अवैध होटलों को गिराने के बाद उसके मलबे को उठाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं प्रसाद डिजीटल केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में डिजीटल भारत प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया

मीडिया के साथ बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन प्रशिक्षुओं को दस हजार रूपये प्रतिमाह भत्ता भी दिया जाएगा उन्होंने युवाओं से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कुल्लू ज़िले के खराहल क्षेत्र में कल शाम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत धारठ गोमा सड़क का भूमि पूजन किया इस मौके एक जनसभा में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसके लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है पूर्व सांसद महेश्वर सिंह और जिला भाजपा अध्यक्ष भीम सेन सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे

ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी राजेश गुलेरी ने बताया कि इसके तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की मुफ्त जांच की जाती है उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वस्थ्य शिशु और स्वस्थ्य जीवन प्रदान करना है बीपीएल मुक्त सिरमौर के पच्छाद विकास खंड की डिलमन पंचायत जिले की पहली बीपीएल मुक्त पंचायत बन गई है

ज़िला उपायुक्त ललित जैन ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को बीपीएल सूची में शामिल किया जा रहा है और संपन्न परिवारों के नाम सूची से काटे जा रहे हैं

भूकम्प का केंद्र हिन्दुकुश पर्वत इलाके में बताया जा रहा है

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में भूकम्प के झटके महसूस किए गए भूकम्प से अब तक किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है

कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में लिए गए इस फैसले को उन्होंने ऐतिहासिक बताया

विवेक भाटिया ने कहा कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन नगर परिषद क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है रोहतांग दर्रा जनजातीय ज़िले लाहौल स्पिति के प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे पर वाहनों की आवाजाही आज तीसरे दिन भी बंद रही सीमा सड़क संगठन ने मढ़ी व कोकसर से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है संगठन के कमांडर कर्नल अवस्थी ने बताया कि रोहतांग दर्रे पर करीब दो फूट बर्फ गिरी है और मौसम अनुकूल रहने पर अगले दो दिन में बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा केलंग से हमार्रे प्रतिनिधि ने बताया कि दर्रा बंद होने से सैंकड़ों लोग कुल्लू में फंसे हुए हैं इधर लाहौल के दर्गम क्षेत्र म्याड़ घाटी के शकोली नाले में हिमखंड गिरने से इलाके की दो पंचायतों का संपर्क कट गया है जिसकी बहाली का कार्य शुरू कर दिया गया है

विभाग सचिव पूर्णिमा चौहान ने बताया कि इसका शुभारम्म मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे इसमें प्रदेश भर के काष्ठ प्रस्तर धातु और हस्तशिल्पी भाग लेंगे